मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महानवमी के उपलक्ष्य में आज गोरखपुर में कन्या पूजन किया इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि कन्या प्रजन कार्यकम न सिफ कन्याओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना है बल्कि यह उनके संरक्षण और सशक्तिकरण की दिशा में प्रभावी कदम उठाने की प्रेरणा भी देता है बाइट योगी हमारी सरकार इसी महीने बालिका के जन्म होने के साथ ही रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई के साथ ही एक निश्चित राशि उस परिवार को उपलब्ध करायेंगे एक वर्ष के होने पर सभी प्रकार के टीकाकरण से अच्छादन के साथ ही उस परिवार को फिर से एक निश्चित राशि उपलब्ध होगी

श्री योगी ने कहा दीपोत्सव कार्यकम के साथ साथ मारीशस और इन्डोनेशिया सहित कई देशों के कलाकारों को रामलीला मंचन के लिये आमंत्रित किया गया है बाइट योगी अयोध्या से परम्परा प्रारम्भ हुई थी लेकिन बीच का एक काल खंड ऐसा था जब अयोध्या में ये परम्परायें एक प्रकार से लुप्तप्राय सी हो गई थी अयोध्या को उसका वैभव प्राप्त हो अयोध्या उस सम्मान की हक़दार बने इस द्रष्टि से अनेक आयोजनों को हमने इसके साथ जोड़ा हैं विगृत तीन वर्ष सरकार वहां पर दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ साथ द्रनिया के अन्दर जहां जहां भी भगवान राम की यह पवित्र लीला गई है वहां से राम लीलाओं को हम आमंत्रित करते हैं

श्री जावड़ेकर ने कहा

श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई कदम उठाये हैं प्रदूषण कम करने के लिए राजधानी से होकर गुजरने वाले मालवाहक वाहनों को दिल्ली के बाहरी क्षेत्र से निकालने के लिए पेरीफेरियल एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया है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

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह आज फ्रांस की दो दिन की यात्रा पर रवाना हुए वे कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिलेंगे इसके बाद वे मेरिन्याक में फ्रांस की रक्षामंत्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ रफाल लडाकू विमान सौपें जाने के समारोह में शामिल होंगे श्री राजनाथ सिंह कल विजय दशमी के अवसर पर फ्रांस में शस्त्र पूजा भी करेंगे श्री राजनाथ सिंह फ्रांस के रक्षामंत्री के साथ वार्षिक रक्षा वार्ता करेंगे और उनसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम और अगले वर्ष फरवरी में लखनऊ में होने वाली रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने का आग्रह करगे

ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया है कि इस दौरान स्थानीय खराबी और ब्रेक डाउन न हों इसके लिए बिजली अधिकारियों को जरूरो तैयारियां पहले से करने के निर्देश दिये गये हैं

उन्होंने कहा कि विद्युत निगम ने इस संबंध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं प्रदेश भर में आज महानवमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस दिन सिद्धिदात्री रूप में महिषासुरमर्दिनी भगवती दुर्गा की आराधना की जाती है बलरामपुर ज़िले के देवीपाटन शक्तिपीठ व बिजलेश्वरी देवी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु हवन कन्या पूजन सहित विभिन्न सामाजिक कर्मकाण्ड सम्पन्न करा रहे हैं मिर्जापर के विंध्यांचल स्थित मां विन्ध्यवासिनी धाम में चल रहा नौ दिवसीय शारदीय नवरात्रि मेला सम्पन्न हो गया इस दौरान शाम तक लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहां पहुंच कर मां का दर्शन पूजन करने के साथ साथ त्रिकोण परिकमा भी की वाराणसी कन्नौज और जौनपुर सहित कई ज़िलों से महानवमी मनाये जाने के समाचार ह ं उधर कल दशहरा के आयोजन को लेकर लोगों में काफी उत्साह है एक रिपोर्ट डिस्पैच ब्रराई पर अच्छाई की विजय के त्यौहार दशहरा को मनाने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है प्रदेश में अनगिनत स्थानों पर प्ररे भक्ति भाव और आदर के साथ रामलीलाओं का मंचन किया जा रहा है रावण दहन के साथ दशहरा त्यौहार का कल समापन हो जाएगा राजधानी लखनऊ सहित तमाम जगहों पर रावण के विभिन्न आकार के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकल प्रयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की अपील का असर रावण के पूतलो में सीधा देखने को मिल रहा है जहां कारीगर पुतलो में प्लास्टिक के उपयोग से बचते दिखाई पड़े राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने लोगों को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में मौत का शिकार हुए लोगों के परिजनों को दो दो लाख रूपये और गंभीर रूप से घायलों का पचास पचास हजार रूपये देने की घोषणा की है

यह दुर्घटना उस समय हुई जब लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रक से टकरा गयी हमीरपुर ज़िले में कौशल विकास और रोज़गार कार्यक़म महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वरदान साबित हो रहा है इन योजनाओं से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है एक रिपोर्ट डिस्पैच ज़िले में आर्थिक तंगी के दौर से गुज़र रही महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की चाह थी

वहीं नारी सशक्तिकरण की मिसाल बनकर गरीबी के अंधेरे में फंसे परिवारों की महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में सहयोग कर रही हैं